स्वास्थ्य सेवाओं साक्षरता पर्यटन किसानों के लिए ऋण हवाई सेवा और उद्यमिता को प्रमुखता दी गई भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने राज्य सरकार के एक साल के कार्यकाल को शानदार बताया

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से एक घण्टे के लिए बिजली का उपयोग नहीं करने का संकल्प लेने का आहवान किया बजट वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने आज सदन में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश का बजट पेश किया

बजट में विधान सभा सचिवालय में ई विधान सभा भवन की स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है गैरसैंण में अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण की बात को भी बजट में प्रमुखता के साथ रखा गया है बजट में आशा कार्यकत्रियों और एनएनएम के लिए द्र्घटना बीमा योजना शुरू करने की बात भी कही गई है

प्रदेश के किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसाना कल्याण योजना के अन्तर्गत तीस करोड़ का प्रावधान किया गया है

बजट में उत्तराखण्ड आयुष शोध संस्थान की स्थापना के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है

मंजरी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया

इस योजना का लाभ बीमित परिवार देश के किसी भी हिस्से में ऐसे निजी और सरकारी अस्पतालों में बिना भुगतान के ले सकता है जो इस योजना के तहत पैनल बद्ध किए गए हें दर्घटना र्ननीताल जिले के भीमताल के पास कल शाम सवारियों से भरी एक मैक्स के खाई में गिरने से उसमें सवार तीन लोगों की मृत्यू हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गए घायलों का हल्द्वानी के डॉ सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है दुर्घटनाग्रस्त वाहन पिथौरागढ़ के धारचूला से हल्द्वानी आ रहा था

दुर्घटना का कारण वाहन चालक का वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है अधिकतम सीमा सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों और ड्यूटी के दौरान लापता दिव्यांग और शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता से अधिकतम सीमा हटा दी है वित्त मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षिक सहायता जारी रहेगी और इससे संबंधित दस हजार रूपये महीने की अधिकतम सीमा हटा ली गई है आदेश में कहा गया है कि यह सहायता केवल सरकारी सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों सैनिक स्कूलों और केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य स्कूलों या कॉलेजों और केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के धन से संचालित स्वायत्त संगठनों में पढाई कर रहे बच्चों के लिए दी जायेगी बातचीत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक साल के कार्यकाल को शानदार बताते हुए उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष अजय भद्द ने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि में विकास की कई पहल की हैं उत्तरकाशी में संवाददाताओं से बातचीत में श्री भट्ट ने कहा कि ऑल वेदर रोड़ परियोजना और दो नये रेल संपर्क मार्ग जैसी कई प्रमुख परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में ले लिया है जो प्रशंसनीय है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल का पहला वर्ष अनुकरणीय है क्योंकि उसके किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में ग्यारह सौ नये चिकित्सकों की नियुक्ति होने से स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला है

राज्यपाल ने कहा है कि अर्थ आवर एक विश्वव्यापी अभियान है जो सभी देशों के करोड़ों लोगों को जलवायु परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुददे पर एकजुट करता है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय ग्लोबल वार्मिंग और वनों के कटाव के कारण धरती पर मानव जीवन के समक्ष गम्भीर चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं इन चुनौतियों का सामना करते हुए मानव सभ्यता के बेहतर भविष्य के लिए हम सभी का एकजुट होना बहुत आवश्यक है

इसका उद्देश्य बिजली के संरक्षण के साथ ही पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करना है

भराडीसैंण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभागों में आपसी समन्वय होना जरूरी है इस अवसर पर उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटैलीजेंस नेटवर्क को भी मोबाईल एप से लॉच किया ईवीआईएन का उद्देश्य राज्य में सभी कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर वैक्सीन के भण्डारण और भंडारण के तापमान के बारे में तात्कालिक सूचना देकर भारत सरकार के नियमित टीकारण कार्यक्रम को सहयोग देना है

डॉ पॉल ने छात्रों को बधाई देते हए कहा कि उन्होंने कौशल एवं साहस से प्रदेश का नाम रोशन किया है इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रतिभाग करने वाले स्वयं सेवी छात्रों से पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन की दिशा में भी कार्य करने को कहा उन्होंने कहा कि एन एस एस के शिविरों में जल संचय और पानी बचाओं अभियानों का भी संचालन किया जाना चाहिए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

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ये दिन जल शक्ति के महत्व को उजागर करने और जल संरक्षण की हमारी वचनबद्वता को दोहराता है उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से शहरों गांवों और किसानों को लाभ होगा